शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हिमपात व वर्षा से होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है कुल्लू जिला में पर्यटन नगरी मनाली सहित सोलंगनाला कोठी व गुलाबा में हिमपात हुआ है

वहीं किन्नौर जिला में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है चंबा के खजियार व डलहौज़ी ने भी बर्फ की सफेद चादर ओड़ ली है इस बर्फबारी से जहां पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है वहीं किसानों और बागवानों के चेहरे भी खिल उठे हैं कुल्लू जिला के आनी बंजार जलोड़ी जोत पर बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है वहीं सोलंगनाला व अटल टनल की ओर जाने वाला मार्ग भी अवरूद्व हो गया है हिमपात के चलते एनएच पांच सहित शिमला शहर की सभी अंदरूनी सड़कें अवरूद्व होने का समाचार है और उपरी शिमला का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है वहीं कुफरी और फागू में कई पर्यटकों के वाहन भी फंस गए हैं हालांकि कालका शिमला शिमला बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी है प्रशासन द्वारा अवरूद्व मार्गो का बहाल करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ रहने की संभावना जताई है विभिन्न पीटीसी डैस्क मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने हिमाचल को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यकम मुख्यमंत्री हैल्पलाईन सेवा व हिमकेयर जैसी अनेक योजनाएं राज्य सरकार की तीन वर्षो की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं

उसके रंगों की सुन्दरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाजा नहीं लगा सकते देश के अधिकतर राज्यों में विशेषकर मध्य भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़ी है तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्यप्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है यह एक बड़ी उपलब्धि है तेंदुए पूरी दुनिया में वर्षो से खतरों का सामना करते आ रहे हैं दुनियाभर में उनके हेबिटेट को नुकसान हुआ है ऐसे समय में भारत ने तेंदुए की आबादी में लगातार बढ़ोतरी कर पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया है

मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए

अब सुर्खियां समाचार पत्रों से आज अधिकांश समाचार पत्रों प्रदेश सरकार के तीन साल पूरे होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है जयराम सरकार को राजनाथ के सौ अंक दैनिक भास्कर का शीर्षक है जयराम सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर हुए समारोह में मुख्यातिथि बने केंद्रीय रक्षा मंत्री अमर उजाला केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखता है कोई माई का लाल नहीं छीन सकता किसानों की जमीन पंजाब केसरी के शब्द हैं कृषि सुधारो का डेढ़ दो साल में दिखेगा असर दैनिक जागरण का कहना है एमएसपी खत्म करने का इरादा न पहले था न अब है हिमाचल दस्तक के मुताबिक न समर्थन मूल्य खत्म होगा और न मंडी व्यवस्था आपका फैसला के अनुसार सभी राज्यों को बराबरी की नज़र से देखते हैं दैनिक जागरण मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है पंचायत चुनाव के बाद जनता के बीच मनाएंगे जश्न हिमाचल दस्तक के शब्द हैं पंचायत चुनाव के बाद हर घर तक योजनाएं पहुंचाने का प्लान दिव्य हिमाचल के अनुसार अगले दो साल जनता के बीच जाएगी सरकार आपका फैसला के मुताबिक कोरोना के चलते हिमाचल सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर कोई बड़ा जश्न नहीं मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल में आज बर्फबारी और बारिश के आसार मैदानी इलाकों में अगले तीन दिन चलेगी शीतलहर पंजाब केसरी का शीर्षक है शिमला में बर्फबारी व मैदानों में बारिश यैलो अलर्ट जारी